उन्होंने मध्यप्रदेश के लाभार्थियों से बातचीत की और कहा कि यह योजना स्ट्रीट वैंडर्स को आसानी से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का जरिया बन रही है इसे ना केवल सहज और सुलभ बनाया गया है बल्कि इसमें उन लोगों की हर सुविधा का भी ध्यान रखा गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए सरकार एक और योजना पर काम कर रही है संवाद के दौरान श्री मोदी ने डिजिटल लेनदेन पर जोर दिया गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने कोविड महामारी से प्रभावित गरीब रेहडी पटरीवालों की आजीविका फिर से शुरू करने में मदद के लिए इस साल एक जून को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरूआत की थी देश की द्सरी किसान रेलगाड़ी आज से शुरू हो गई है इसके जरिए आंधप्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक कृषि उत्पादों की ढुलाई की जाएगी कृषि और किसान कलयाण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर रेल राज्य मंत्री सुरेश सी अंगाड़ी और आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड़डी ने वीडियो लिंक के जरिए इस रेलगाड़ी को रवाना किया

प्रदेश में कोरोना मृत्यु दर एक दशमलव दो तीन प्रतिशत हो गई है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत कोविड मृत्यु दर लगातार नीचे लाने में सफल रहा है देश में यह दर एक दशमलव सात प्रतिशत है विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख टेड्रोस गेब्रेसिन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी किसी भी कोविड वैक्सीन का अनुमोदन इसके सुरक्षित और प्रभावी साबित होने से पहले नहीं करेगी एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दशकों से वैक्सिनों का उपयोग सफलतापूर्वक होता आ रहा है चेचक के उन्मूलन और पोलियो पर नियंत्रण का श्रेय भी इन्हें जाता है श्री टेड्रोस ने कहा कि कांगो में इबोला संकमण पर नियंत्रण में इबोला वैक्सीन से मदद मिली

निर्देशों के तहत छात्रों के बीच कॉपी पैन पेंसिलें पानी की बोतलों का आदान प्रदान करने की मनाही रहेगी सभाओं और खेलों पर भी प्रतिबंध रहेगा साथ ही कोविड के लक्षणों वाले लोगों की स्कूल में आने पर मनाही होगी

श्रीगंगानगर जिले के गजसिंहपुर थाना क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कल रात दो घुसपैठियों को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया